आज पणजी में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जीएसटी से हमें वन नेशन वन वन टैक्स मिला नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी से वन नेशन वन एक्जाम मिलेगा वहीं कृषि कानूनों से हमें वन नेशन वन मार्केट मिलेगा जिससे देश की एकता और मजबूत होगी उन्होंने हाल ही में कृषि क्षेत्र में लागू किये गये तीनों कानूनों को किसानों के लिए हितकारी बताया प्रदेश की एक हजार ग्राम पंचायतों में दूसरे चरण के चुनाव के तहत आज उपसरपंच के चुनाव हो रहे हैं

राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने कोरोना के सभी प्रोटोकॉल की पालना करते हुए रिकॉर्ड वोटिंग के लिए मतदाताओं का आभार जताया

हालांकि धौलपुर जिले में सेंपउ तहसील की वराह ग्राम पंचायत में चुनाव परिणाम के बाद हुए उपद्रव से उपजे हालात को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है आज जिले में पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त के बीच उपसरपंचों का चुनाव करवाया जा रहा है

कल एक ही दिन में दो हजार तीन मरीज स्वस्थ हुए

राज्य के विभिन्न जिलों में कोरोना जनजागरुकता अभियान के तहत कई कार्य क्र म आयोजित किये जा रहे हैं भरतपुर में आज बिजलीघर चौराहे पर लोगों को मास्क वितरित किये गये इस मौके पर जिला प्रभारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने लोगों से कहा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक मास्क ही कोरोना से बचाव का उपाय है वहीं प्रतापगढ में अभियान में जनजाति विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया शामिल हुए उन्होंने कहा कि जन आंदोलन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का बीड़ा राज्य सरकार ने उठाया है बांसवाडा में अभियान के तहत आज मोटर साइकिल रैली निकाली गई वहीं बूंदी में कोरोना जागरुकता से सम्बन्धित पोस्टर का विमोचन उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने किया

सं क्रमण से ठीक होने के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सा क्रिय मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संखय लगातार बढ़ रही है

संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा रही है इस परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिये उत्तर पश्चिम रेलवे ने पांच विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं

इस मामले में कार्यवाही करते हुए दल ने एक आरोपी को गिर पतार किया है